आज या कल हो सकती है सीटों के तालमेल की घोषणा महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का हुआ बंटवारा

प्रदेश में कोरोना से अब तक लगभग एक लाख चौहत्तर हजार लोग हुये स्वस्थ

एनडीए में भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति बन गयी है आज या कल तक सीटों के तालमेल की घोषणा किये जाने की संभावना है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिकता वाली कुछ सीटों पर बातचीत अंतिम दौर में है तय फॉर्मूले के अनुसार जदयू अपने कोटे से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को सीटें देगी वहीं भाजपा के कोटे से लोजपा को हिस्सेदारी दी जा सकती है इधर एक सौ तैंतालीस सीटों पर उम्मीदवार उतारने को तैयार लोजपा संसदीय दल की बैठक कल वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बीमारी के कारण टाल दी गयी

वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ निश्चित सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज कर सकती है इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में राष्ट्रीय चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी इस बैठक में भाग लेने के लिये बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस दिल्ली पहुंच गये हैं महागठबंधन के घटक दलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है महागठबंधन में शामिल नेताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी स्वीकार कर लिया है पटना में घटक दलों की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीटों की घोषणा की सीपीएम को चार सीपीआई को छह भाकपा माले को उन्नीस और कांग्रेस को सत्तर सीटें मिली हैं वहीं राजद के खाते में एक सौ चौवालीस सीटें आयी है राजद अपने कोटे से झारंखड मुक्ति मोर्चा को सीटें आवंटित करेगा राजद नेता ने बताया कि वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपच्नाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी इस मौके पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह सीपीआई के राम नरेश पांडेय सीपीएम के अवधेश कुमार समेत घटक दलों के अन्य नेता भी उपस्थित थे विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने की घोषणा की है सीट बंटवारे पर अपनी नराजगी जताते हुये उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया है मुकेश सहनी ने कहा है कि आज पार्टी की कोर कमिटी की बैठक में आगे की रणनीति पर कोई फैसला लिया जायेगा विधानसभा की दो सौ तैंतालीस में से इकहत्तर सीट पर प्रथम चरण में अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले चूनाव के लिए सात प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार को विधानसभा की पांच सीट के लिए सात उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया पटना जिले के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से दो उम्मीदवारों ने जबकि अमरपुर दिनारा डेहरी और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया प्रथम चरण के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए प्रत्याशी आठ अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच नौ अक्टूबर को होगी और बारह अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे विधान परिषद की पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिये कल सात प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव और सीपीआई प्रत्याशी अशोक कुमार यादव जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मुकेश कुमार खलीलाउल्लाह मंसूरी सिकंदर रवि रंजन और चंदेश्वर प्रसाद गूप्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है इधर दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा और सीपीआई के डॉक्टर अरूण कुमार सहित छह प्रत्याशियों ने नामांकन भरा जबकि तिरहूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के देवेश चंद्र ठाकूर ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया तिरहूत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी चार निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तिथि है मतदान बाईस अक्टूबर को होना है जबकि मतगणना बारह नवम्बर को होगी इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक की आठ सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है पार्टी सूत्रों ने बताया कि शिक्षक सीट पर पटना से नवल किशोर यादव सारण से चंद्रमा सिंह मुजफ्फरपुर से नरेंद्र सिंह और दरभंगा से सुरेश राय को प्रत्याशी बनाया गया है वहीं स्नानतक सीट पर कोसी से एन के यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है चुनाव आयोग ने सत्ताईस लोगों के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने पर तीन साल के लिये प्रतिबंध लगा दिया है इनमें मुख्य रूप से खगड़िया से बबिता देवी बेनीपुर से ताराकांत झा और हायाघाट से मोहम्मद अशरफ शामिल हैं इन सभी पर चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप है इधर आयोग ने अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिये संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है इसके तहत ब्रथ लेबल ऑफिसर बीएलओ और सेक्टर पदाधिकारियों को बुजुर्ग दिव्यांगजन और कोरोना संक्रमित वोटरों के घर जाकर डाक मत पत्र से मतदान करने के लिये फॉर्म टवेल्व डी भरवाने को कहा गया है अगर संबंधित बुजुर्ग फॉर्म भरने के लिये उपलब्ध नहीं होंगे तो उनके स्वजन फॉर्म भर सकते हैं आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके आधार पर ही मतदाताओं के घर पोस्टल बैलेट भेजा जायेगा आयोग ने सभी प्रत्याशियों को इस प्री प्रक्रिया पर निगरानी रखने का भी अवसर दिया है केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हाल में पारित किए गए कृषि कानूनों से हमारे किसान दशकों प्राने बंधनों से मुक्त होंगे और वे अपनी उपज अपनी मर्जी के मुताबिक बेच सकेंगे इससे देश के कृषि क्षेत्र के तेजी से विकास का रास्ता तैयार होगा साउंड बाईट किसानों को आज मुक्ति मिली है कि वो देश में कहीं भी किधर भी कभी भी किसी भी दाम पर अपने उत्पाद को बेच सके या उपज को बेच सके ये जंजीरें रहित ये बाघाओं से किसान को मुक्त किया गया है और मैं समझता हूं ये देश के खेती क्षेत्र को वर्षो वर्षो तक तेज गति से बढ़ने का साधन बनेगा हमारे किसानों के जीवन में आनंद लाएगा आगे चलकर और लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो खेती के क्षेत्र में और काम करें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को विचौलियों से मुक्त किया गया है बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी में चालीस से बहत्तर प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है इससे किसानों को आने वाले दिनों में काफी लाभ मिलेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ इकतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख तिहत्तर हजार सात सौ पंचानवे हो गयी है वहीं इसी अवधि में दो लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर नौ सौ बारह हो गया है इधर एक दिन में कोविड उन्नीस के नौ सौ तेरासी नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छियासी हजार छह सौ नब्बे हो गयी सबसे अधिक पटना से दो सौ सात नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार नौ सौ बयासी है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए साउंड बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले गया से दिल्ली के लिये सीधी उड़ान सेवा गुरूवार से शुरू हो जायेगी इंडिगो एयरलाइंस के विमान गया से दिल्ली के लिये सप्ताह में तीन दिने उड़ान भरेंगे इस विमान में एक सौ अस्सी यात्री को ले जाने की क्षमता रखी गई है इसके लिये बुकिंग शुरू हो गयी है संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा आज देशभर में आयोजित की जा रही है इसके लिये पटना में संतानवे केंद्र बनाये गये हैं परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिये पर्याप्त संख्या में पूलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है ये परीक्षा दो पालियों में हो रही है पटना प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिये जैमर लगाये गये हैं परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मास्क सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है वहीं चार वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन के लिये राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी आज आयोजित की जायेगी दरभंगा में आठ मुजफ्फरपुर में चार और पटना में तीन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है मौसम विभाग ने सात अक्टूबर तक पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वजपात की चेतावनी जारी की है विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम में बदलाव आया है इधर राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है राजधानी पटना में अठहत्तर मिलीमीटर सारण जिले के जलालपुर में सत्तर मिलीमीटर गया में उन्नीस और पूर्णिया में दस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है बेगूसराय और अररिया में आज सुबह से ही गरज के साथ बारिश हो रही है बारिश से बेगूसराय अररिया और फारबिसगंज में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है इधर कृषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को धान और रबी फसल के लिये लाभदायक बताया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बराज के जलस्तर में गिरावट के कारण बगहा गंडक दियारे क्षेत्र में तेजी से कटाव हो रहा है वहीं गंडक दियारा के मध्रबनी पिपरासी भीतहा ठकराहा दियारा में भी तेजी से कटाव हो रहा है इस कटाव से धान और गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है वहीं दूसरी ओर मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड के कई गांवों के बाढ़ की चपेट में आने से सैंकड़ों एकड़ में लगा धान का फसल नष्ट हो गयी है बिहारीगंज ग्वालपाड़ा सड़क पर पानी जमे होने के कारण लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अररिया जिले के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा पर वाहन चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक वाहन से बाईस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है मुंगेर के खड़गपुर मुड़ेरी गांव में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किये हैं पुलिस अधीक्षक लीपी सिंह ने बताया कि इस छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है तेजस्वी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चेहरा महागठबंधन में सीटें बंटी वीआईपी बाहर दैनिक जागरण ने भाजपा और जदयू के बीच सीट शेयरिंग की खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है जदयू एक सौ बाईस भाजपा एक सौ इक्कीस पर लड़ेगी लोजपा की बैठक टली आज होगा फैसला प्रभात खबर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी खबर को अपना शीर्षक दिया है एम्स की मेडिकल बोर्ड ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की आशंका को खारिज किया दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना से जंग बिहार में इक्यासी दिन के बाद मिले एक हजार से कम नये पॉजिटिव एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है चारा घोटाले में जांच में शामिल रहे अफसर घूसखोरी में गिरफ्तार

आज या कल हो सकती है सीटों के तालमेल की घोषणा महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का हुआ बंटवारा

प्रदेश में कोरोना से अब तक लगभग एक लाख चौहत्तर हजार लोग हुये स्वस्थ